प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणाओं से बारह करोड़ से अधिक किसान लगभग तीस चालीस करोड़ मजदूरों और तीन करोड़ मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के ठाकुरनगर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे बाईट देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट एक शुरूआत है और नई सरकार बनने के बाद जब पूर्ण बजट आयेगा तो यह तस्वीर और साफ हो जायेगी श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले सात दशकों के दौरान किसानों के साथ कर्जमाफी की राजनीति कर सिर्फ छलावा किया है केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कल पेश किये गये बजट में सरकार ने समाज के सभी वर्गो के हितों का ध्यान रखा है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट वार्ता में श्री गोयल ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग का सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पारिवारिक बजट नियंत्रण में रहे

समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण और विकास सबके लिए सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई इससे वंचित न रहे वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ उठाये गये कदमों से सरकार की कर वसूली से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी हुयी है

हमारा मानना है कि इस फायदे का कुछ हिस्सा मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए क्योंकि देश के यह नागरिक आगे बढ़कर औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं उद्योग और व्यापार प्रमुखों ने केन्द्रीय बजट को विकासमूलक बताते हुए कहा है कि इसमें किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर खास तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमनी ने कहा है कि देश में छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतें सकारात्मक कदम है उन्होंने कहा कि बजट में करों में छूट से कॉरपोरेट क्षेत्र को मदद मिलेगी और उपभोग बढ़ेगा बाईट देश में लघु और सीमांत किसानों को वे दो हजार रुपये की तीन किस्तों में वार्षिक राहत दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ा अनुकूल प्रयास है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चन्द्रजीत बैनर्जी ने बजट को अच्छा और विकासोन्मुखी बताया है बाईट ये फार्मर्स के लिए है वर्कर्स के लिए है मिडिल क्लास के लिए जो है जिसके लिए कंजमरन डिमांड जो है उसको काफी उत्साह देगा कंजमस्न डिमांड को उत्साह देने का मतलब है इंडस्ट्रीज को उत्साह देना इंडस्ट्रिएलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का भी फोरकास्ट स्ट्रांग होगा तो हमको यह मानना है कि ये एक बजट जो काफी इकोनॉमी ओरिएंटेड था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष एच के भानवाला ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो घोषणाएं की गई है उससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा और वे सहायता राशि का उपयोग बीज उवर्रक और खेती संबंधी साज सामान खरीदने में कर सकेंगे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा है कि अंतरिम बजट विकासमूलक है और इससे देश के तेजी से बढ़ रहे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष विजय कलन्त्री ने कहा कि सरकार द्वारा उठाये गये आयकर और टीडीएस कटौती सीमा में बढ़ोतरी जैसे राहत उपायों से रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी केन्द्र सरकार ने भारतीय पूलिस सेवा के अधिकारी और मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक रिषी कुमार शुक्ला को केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के पद पर निय्क्त किया है श्री श्रक्ला सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा का स्थान लेंगे श्री वर्मा को विवादों के चलते पहले छुट्टी पर भेजा गया था और फिर उन्हें इस पद से हटा दिया गया था श्री शुक्ला की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की गयी है जो उनके पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी शिक्षा में सुधार सहित पच्चीस मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा पटना में निकाले गये आक्रोश मार्च पर पुलिस लाठीचार्ज में पार्टी प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा समेत अन्य कार्यकर्ता घायल हो गये श्री कुशवाहा और अन्य घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है जहां सबों की स्थिति सामान्य है पटना के जेपी गोलम्बर से यह मार्च जब प्रतिबंधित क्षेत्र राजभवन की ओर जाने लगा तब डाकबंगला चौराहे पर प्रलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की लेकिन रालोसपा नेता नहीं माने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले पानी की बौछार की गयी जिससे हाथों में लाठी लिये पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गये और पुलिस से भिड़ गये इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने लाठीचार्ज घटना की निंदा की है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अपराधियों ने छह लोगों की हत्या कर दी बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र के रामबाग में हथियारबंद अपराधियों ने वार्ड पार्षद विजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के घोरघट गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी दूसरी तरफ गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने भुसुंडा मोड़ के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया इधर सीवान जिले के नगर थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक रिश्तेदार की हत्या से आक्रोशित लोगों ने आज भी प्रदर्शन किया

दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड के पास अपराधियों ने एक ट्रांसपोर्टर की गोली मार कर हत्या कर दी

इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने हत्या की बढ़ रही घटनाओं पर कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जायेगी और उन पर स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलायी जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हर जरूरी कदम उठाये जायेंगे पुलिस महानिदेशक ने आज राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रोंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पटना में सॉफ्टवेयर टेकनॉलोजी पार्क के इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तारीकरण से प्रदेश के लोगों को ऑनलाईन केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ मिलने में आसानी होगी श्री प्रसाद आज सेंटर के विस्तारीकरण योजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर अब लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तकनीक के उपयोग से जहां एक ओर कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता आई है वहीं अब त्वरित गति से काम निपटाये जा रहे हैं समारोह को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि आईटी की उपयोगिता दिन प्रतिदन बढ़ती जा रही है और अब राज्य के साथ साथ केन्द्र की लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध हैं

उन्हें पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई पूर्व केन्द्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की जयंती पर आज उन्हें पूरे प्रदेश में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी वहीं प्रख्यात समाजसेवी जगदेव प्रसाद को भी आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्वापूर्वक याद किया गया पटना के चित्तकोहरा गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के श्यामबाजार गांव के पास आज सुबह एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया